प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा तिरंगा फहराये जाने के पचहत्तर वर्ष पूरे होने के अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तीन द्वीपों के नये नामों की घोषणा की पोर्ट ब्लेयर के ऐतिहासिक नेताजी सुमाष चन्द्र बोस स्टेडियम में आज शाम एक समारोह में श्री मोदी ने यह घोषणा की आजादी के नायकों की स्मृति अमिट रहें इसके लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने लिया है अब से रॉस ट्वीप को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ट्वीप से जाना जाएगा नील ट्वीप को शहीद ट्वीप से जाना जाएगा हैवलॉक ट्वीप को स्वराज ट्वीप के नाम से जाना जाएगा प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट प्रथम दिवस आवरण और पचहत्तर रुपये का सिक्का भी जारी किया उन्होंने अंडमान निकोबार ट्वीप समूह में नेताजी के नाम पर डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा भी की नेताजी सुमाष चन्द्र बोस और सरदार पटेल के नाम पर हमने राष्ट्रीय पुरस्कारों की भी घोषणा की है आज मैं यहां पर नेताजी सुमाष वन्द्र बोस डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी घोषणा कर रहा हूं इन तमाम राष्ट्र पुरूषों की प्रेरणा से जिस नये भारत के निर्माण का बेझा हम समी ने उठाया है उसके स्वभाव में मूल तत्व विकास है हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने पोर्ट ब्लेयर में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया कार निकोबार से पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद प्र्यानमंत्री सेल्युलर जेल देखने गए जहां उन्होंने शहीद स्मारक पर श्रद्दांजलि अर्पित की इससे पहले कार निकोबार में बिशप जॉन रिवर्डसन स्टेडियम में एक जनसमा को सम्बोधित करते हए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार बच्चों को शिक्षा बुजुर्गों को विकित्सा सुक्विया और किसानों को खेती की सुक्वियाएं उपलब्ध कराने के कार्य कर रही है उन्होर्न कहा कि केन्द्र सरकार कार निकोबार के विकास के लिए प्रतिबद्द है कार निकोबार की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने सुनामी स्मारक पर फूल माला चढ़ाई और सुनामी स्मारक संग्रहालय भी देखा उन्होंने आईटीआई अरोंग का उद्घाटन किया और जनजातीय परिषद् के सदस्यों से बातचीत की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत जल थल और नम तीनों क्षेत्रों में परमाणु शक्ति सम्पन्न हो गया है कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र में भारत की सफलताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के रक्षा तंत्र और सुदृढ़ हुआ है देश के सैल्फ डिफेंस को नई मजबूती मिली

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है जिसे विश्व की प्रमुख संस्थाओं ने स्वीकार भी किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष दो हजार अट्ठारह देश की विकास प्रक्रिया के लिहाज से अहम रहा

देश के हर गाँव तक बिजली पहुँच गई विश्व की गणमान्य संस्थाओं ने माना है कि भारत रिकॉर्ड गति के साथ देश को गरीबी से मुक्ति दिला रहा है भारत की महान प्राकृतिक परंपरा का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रयागराज में अगले वर्ष पन्द्रह जनवरी से विश्व प्रसिद्व कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है जिसमें डेढ़ सौ से अधिक देशों के लोगों के आने की संभावना है कुंम की दिव्यता से भारत की मध्यता पूरी दुनिया में अपना रंग बिखेरगी कुंम मेला सेल्फ डिस्कवरी का भी एक बड़ा माध्यम है जहाँ आने वाले हर व्यक्ति को अलग अलग अनुभवि होती है संसारिक चीजों को आध्यात्मिक नजरिए से देखते समझते हैं खासकर युवाओं के लिए यह एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपिरियंस हो सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन के बारे में लोगों में बहत उत्सुकता है श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांवी की एकसौ पचासवीं जयन्ती के सिलसिले में देशमर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं देशवासियों को लोहड़ी पोंगल मकर संक्रांति उत्तरायण माघ बिहू और माधी त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन त्योहारों के नाम भले ही अलग अलग हैं लेकिन सबको मनाने की भावना एक ही है और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हैं प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के प्रति प्रदेश के अनेक जगहों पर कल लोगों में खासी उत्सुकता देखी गयी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने लखनऊ आवास पर विशेष रूप से मन की बात कार्यक्रम को सुना वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने मथ्रा स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी अमरोहा जिले के ग्रामीण इलाकों में लोग रेडियो के चारो तरफ मन की बात के शुरू होने का इंतज़ार कस्ते हये देखे गये शहर के अम्बेडकर पार्क में विघान परिषद सदस्य अशोक कटारिया ने लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना उधर बलरामपुर ज़िले के ग्रामीण अंचल में बच्चों नौजवानों महिलाओं व बुज़ुर्गों ने रूचि पूर्वक इस कार्यक्रम को सुना झांसी कानपुर नगर मथुरा मऊ और गोरखपुर सहित कई ज़िलों में मन की बात कार्यक्रम के लिये लोगों में उत्साह नज़र आया पुलिस ने ग़ाज़ीपुर में भीड़ द्वारा पथराव की घटना में पुलिस के एक सिपाही सुरेश प्रताप सिंह कत्स की मौत के सिलसिले में उन्नीस लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह ने लखनऊ में बताया कि घटना के संबंध में दर्ज मुकदमों के तहत यह गिरफ्तारियां की गई है विगत शनिवार को राष्ट्रीय निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने प्रधानमंत्री की रैली में जाने से रोका था इससे नाराज़ होकर कार्यकर्ताओं ने जगह जगह रास्ता जाम कर दिया और रैली से लौट रहे वाहनों पर पथराव किया इस दौरान पुलिस कांस्टेबिल वत्स के सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गयी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना में मौत का शिकार हये पुलिस कांस्टेबिल की पली को चालीस लाख रूपये और उनके मात पिता को दस लाख रूपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है श्री योगी ने शोक संतत परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुये दिवंगत कांस्टेबिल की पत्नी को असाधारण पेंशन देने के साथ साथ परिवार के एक सदस्य को मृतक आश्रित के तौर पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी की है प्रख्यात फिल्म निर्देशक मृणाल सेन का लम्बी बीमारी के बाद कल सुबह कोलकाता में निघन हो गया

पद्मभूषण और दादासाहेब फात्के पुरस्कार से सम्मानित स्वर्गीय सेन ने एक दिन अचानक पदातिक मृगया भूवन शोम और खंडहर जैसी फिल्मों के मध्यम से देश में समानान्तर सिनेमा की शुरूआत की थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्वन राठौड़ ने उनके निवन पर दुःख व्यक्त किया है बारह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित मृणाल सेन इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा के सदस्य रहे थे प्रदेश के अधिकांश इलाकों विशेष कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे की वजह से आम जन जीवन प्रभावित है मुजफ्फरनगर में कल न्यूनतम तापमान एक दशमलव दो डिग्री सेल्सियस तथा बिजनौर में न्यूनतम तापमान एक दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया उघर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गलन भरी ठण्ड का प्रकोप बढ़ रहा है गोरखपुर सहित कई जिलों में घूप निकलने के बावजूद गलन भरी ठंड पढ़ रही है मऊ जनपद और आसपास के क्षेत्रों में कई दिनों से गलन की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पढ़ रहा है कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुये कई जिलों में गरीब तथा असहाय लोगों को कबल बांटे जा रहे हैं विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की व्यक्स्था की गयी है

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने समाज के कमज़ोर वर्गो के राजनीतिक शोषण को रोकने के लिए उनके शैक्षिक और सामाजिक सशक्तिकरण का आस्वान किया है उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग और समुदाय का विकास करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है मुम्दई में अंजुमन ए इस्लाम द्वारा संवालित कॉलेज भवन की आघारशिला रखने के बाद उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्ष के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के तीन करोड़ ग्यारह लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गयी है इनमें लगभग साठ प्रतिशत लड़कियां हैं